मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया धार जिले के बदनावर में एक हजार पांच सौ सत्तासी करोड़ रुपये लागत की सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन

हमारी गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी के विचार कई अवसरों पर व्यक्त हुए हैं पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और संरक्षा वहां के लोग ही कर सकते हैं

इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा तथा यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडीन्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा सीएम नर्मदा माइको उद्वहन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल धार जिले के बदनावर क्षेत्र के कोटेश्वर में एक हजार पांच सौसतासी करोड़ रुपये की नर्मदा माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया इसके साथ ही तीन सौ तेरह दशमलव दो आठ करोड़ रुपये के अन्य विकासकार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंचाई परियोजना से शीघ ही क्षेत्र को नर्मदा जल मिलेगा योजना का कार्य पूर्ण होने के बाद मॉ नर्मदा के पानी से सबसे पहले कोटेश्वर महादेव का अभिषेक किया जायेगा उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा योजना में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाकर उन्हें राशन उपलब्ध कराया जायेगा श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल खत्म होने के बाद बुजुर्गो को तीर्थदर्शन पर फिर भेजा जायेगा इस मौके पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सामाजिक न्याय मंत्री प्रेमसिंह पटेल और सांसद छतरसिंह दरबार मौजूद थे एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंदौर जिले के सांवेर में लगभग दो हजार चार सौ करोड़ रुपये लागत की महत्वाकांक्षी मॉ नर्मदा सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया इस योजना से सांवेर विधानसभा क्षेत्र के एक सौ अठहत्तर गांव लाभान्वित होंगे और एक लाख अट्ठावन हजार से अधिक रकबे में सिचाई सुविधा उपलब्ध होगी

आयोजन भोपाल के मिण्टो हाल में सुबह ग्यारह बजे से होगा

वहीं होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है इसके तहत प्रायवेट डॉक्टर घर पर विजिट कर सकेंगे

जिले में अब तक छह सौ छत्तीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं खण्डवा जिले में चौदह मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सागर जिले में छियत्तर पॉजिटिव मिलने से यहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार तीन सौ उनचास हो गई है

व्याख्यान कल भोपाल में संचालनालय प्रातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय द्वारा बेव श्रृंखला का छंठवा आनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बैंगलुरु सर्कल के अधीक्षण एवं पुरातत्वविद डाक्टर शिवाकांत वाजपेयी ने विक्रमादित्य से संबंधित साहित्यिक साक्ष्यों लोक कथानकों अभिलेखीय साक्ष्यों और पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मध्य भारत के विशाल गणराज्य को होना प्रमाणित किया